सुरेश भारद्वाज आज नगर परिषद बद्दी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंन नगर परिषद के अधिकारियों को विकास योजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पांच टेलीमैडिसन सेंटर खोलेगी इनमें से एक सेंटर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में खोला जाएगा इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में एक बयान में कहा कि ये सभी टेलीमैडिसन केन्द्र ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से खोले जाएंगे गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू ज़िला में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत करने पर बल दिया जा रहा है गोविंद सिंह ठाकुर सारी भेखली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के वर्चुअल लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे इस स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया गोविंद ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि जिले में विकास कार्यो के लिए धन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कुछ निर्माण क्षेत्रों में विलम्ब होना स्वभाविक था लेकिन अब निर्माण कार्यों ने रफतार पकड़ ली है भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी ने व्यापक योजना तैयार की है इसके लिए पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है खन्ना ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि जिला के समस्त पदाधिकारी मंडलों का प्रवास करेंगे जबकि मंडलों के पदाधिकारी ग्राम केन्द्रों और ग्राम केन्द्रों की समितियां ब्रथ स्तर पर प्रवास करेंगी इससे आने समय में पार्टी को ब्रथ स्तर पर और शक्ति मिलेगी इस प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का घर घर प्रचार करेंगे

सात लोगों की प्रदेश में आज कोरोना से मौत भी हो गई

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बूथ स्तर पर मनाएगी इस दौरान पुष्पांजलि कार्यक्रमों के साथ साथ अटल के अदभुत व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा आयोजित की जाएगी साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी चर्चा होगी

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ज़िला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के कार्यक्रमों तथा कार्य प्रगति की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग सैल का गठन किया है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि यशपाल तनाईक को इस सैल का प्रभारी नियुक्त किया गया है महिला मोर्चा प्रदेशवासियों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने आज सोलन से प्रदेशव्यापी अभियान की शुरूआत की मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक करने के साथ साथ ज़रूरतमंदों को मास्क और सैनिटाईज़र भी बांटे जा रहे हैं